बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है इसके अलावा बैठक में उपच्नाव में भाजपा को मिली जीत के लिए भी सरकार की तरफ से मतदाताओं का आभार जताने की संभावना है बाल्दी प्रदेश मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने बिलासपुर जिले में चल रहे विकास कार्यो को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि आम आदमी को इनसे सुविधा मिल सके उन्होने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग डीआरडीए आईपीएच विद्युत तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धित अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है और बिलासपुर जिला से भी इन्हीं विभागों से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई है उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत लोगों से प्राप्त सभी शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाए घनतेरस दीपावली का पहला दिन धनतेरस यानी नरक चतुर्दशी आज मनाया जा रहा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान धनवंतरी के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस मौके पर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है और लोग इस दिन सोने चांदी सहित बर्तनों की खरीददारी करते हैं घनतेरस पर कारोबारी वर्ग को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है ये दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर आज सोलन के रबौन में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा शोक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार सहित भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार की माता स्वर्णा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं और टांडा मेडिकल कॉलेज में कल उन्होंने अंतिम सांस ली भाजपा नेताओं ने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं

अब एक नजुर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकााशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है विधानसभा उपच्चनाव में धर्मशाला और पच्छाद में फिर खिला कमल दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल के हाथ कमल के साथ धर्मशाला में विशाल नैहरिया पच्छाद में रीना कश्यप जीतीं दिव्य हिमाचल ने लिखा है धर्मशाला पच्छाद में भाजपा का ही डंका पंजाब केसरी और आपका फैसला के लगभग एक जैसे शब्द हैं धर्मशाला और पच्छाद में फिर भगवा परचम अजीत समाचार की सुर्खी है कांग्रेस का सफाया भाजपा ने दोनों सीटों पर दर्ज की जीत

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे का रास्ता साफ अमर उजाला ने लिखा है मंडी में हवाई अडडा बनाने को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति जबकि आपका फैसला की सुर्खी है मंडी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे के निर्माण का खर्चा वहन करेगी भारत सरकार आयुर्वेद विभाग में उपकरण खरीद घोटाले से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है सरकार ने जांच के बीच ही एसीएस संजय गुप्ता से वापस लिया आयुर्वेद विभाग अमर उजाला के शब्द हैं संजय गुप्ता से छीना आयुर्वेद रामसुभग संभालेंगे विभाग

आपका फैसला के शब्द हैं हाईकोर्ट ने एमसी को राम बाजार में अवैध निर्माण गिराने के दिए आदेश